प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार के गत चार साल के शासनकाल में चहंमुखी विकास हआ है नई दिल्ली में इंडिया इंटरनैशनल कनवेंशन सेंटर के शिलान्यास समारोह मे बोलते हये प्रधानमंत्री के कहा कि एनडीए सरकार ने एक ईमानदार और पारदर्शी शासन व्यवस्था स्थापित की है

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कंनवेंशन सेंटर पांच लाख य्वाओं के लिए रोज़गार पैदा करेगा और इससे मध्यम वर्ग और गरीबों के जीवन को नई दिशा मिलेगी

श्री मोदी ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और स्झाव साझा करने को कहा है

मुहर्रम आज देश भर में प्री श्रदवा और पवित्रता के साथ मनाया जा रहा है अश्रा ए म्हर्रम के दिन पैगम्बर म्हम्मद के नवासे हज़रत इमाम और उनके साथियों की सच्चाई और करबला मे न्याय के लिए गई उनकी शहादत को याद किया जाता है इस अवसर पर ताजिये निकाले जाते है मंजलिस और धार्मिक बैठके होती है जिनमें करबला शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद किया जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने शहीदी नरेन्द्र सिंह के घर जाकर उसके परिजनों से म्लकात की और उन्हें सांत्वना दी श्रीमती जैन ने कहा कि शहीदों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता और शहीद नरेन्द्र ने जिस बहाद्री के साथ देश के लिए प्राण न्यौछावर किये है भावी पीढियां इसे कभी भुला नहीं सकती

कांग्रेस सांसद दीपेन्द्र हडडा ने जवान नरेन्द्र के साथ बर्बरता को द्रखद बताते हए कहा है कि देश की स्रक्षा के लिए कोई ठोस नीति बननी चाहिए राजनीति ऐसे मुद्दो पर नहीं होनी चाहिए सिरसा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसी घड़ी में वे और प्री कांग्रेस शहीद के परिवार के साथ है जवान के परिवार को हर संभव सहायता मिलनी चाहिए

बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये जायेंगे हरियाणा के राज्यपाल श्रीसत्यादेव नारायण आर्य ने कृषि विश्वविदयालयहिसार के क्लपति डा के पी सिंह से कहा है कि सभी संस्थायें फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कार्य करें और इसके लिए प्रदेश सरकार ने जो अभियान चलाया हआ है वो आगामी पांच अक्तूबर से ओर प्रभावी होगा उन्होंने किसानों का भी आहवान किया कि वो खेतों में पराली को न जलाये और सरकार द्वारा सबसिडी पर उपलब्ध कराये जा रहे उपकरणों का फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रयोग करे कुलपति ने बताया कि कुषि विश्वविद्यालय के साथ कृषि विज्ञान केन्द्रो व कृषि ज्ञान केन्द्रो ने गांवों को गोद लिया हुआ है जहां अधिकारियों की टीम जाकर किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन की जानकारी दे रहे है श्रम एवं रोज़गार मंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों से आहवान किया है कि वे धान की कटाई के बाद खेतों में बचे फसल अवशेषों व पराली का न जलाये

झज्जर के उपाय्क्त श्रीमती सोनम गोयल ने कहा है कि अन्त्योदय सरल केन्द्र के माध्यम से नागरिकों को मिलने वाली सुविधायें प्री तरह नकदी रहित व कागज़ रहित होने के साथ साथ फेसलैस भी होगी जिला व उपमंडल स्तर पर अन्त्योदय सरल केन्द्रों के माध्यम से सिंगल विंडो व टोकन सिस्टम के जरिये एजेंटो के दखल के बिना लोगों का पारदर्शी व प्रभावी तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है

कोच क्लदीप जाखड़ ने बताया कि निखिल तिगड़ाना के सेठ करोड़ी मल राजकीय वरिष्ठ माध्यम विधालय का छात्र है जिसने फाईनल में उत्तरप्रदेश के लिहोनी को एक तर फा म्काबले मे पांच शून्य से मात दी

पहली पेश में कोर्ट ने सभी आरोपियों को चार दिन के रिमांड पर भेजा था

हिसार जिले के पिपलाप्र गांव के पास एक कार और ट्रक की टक्कर में एक सैनिक सहित चार लोगों की मौत हो गई है दुर्घटना कल शाम की है जब ये सभी हिसार से दिल्ली जा रहे थे मृतकों की पहचान अशोक दीपक उर्फ काल् अक्षय और बिजेन्दर के रूप मे हई राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री क्मारी शैलजा ने आज जगाधरी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दिसम्बर में राजस्थान सहित पांच राज्यों में विधानसभा च्नाव होने जा रहे है और कांग्रेस को रिकार्ड जीत मिलेगी उन्होंने भाजपा की केन्द्र व राज्य सरकार पर तंज कसते हये कहा कि च्नाव के वक्त जनता से किया गया एक भी वादा प्रा नहीं हआ है और सरकार मंहगाई पर काबू पाने में विफल रही है वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने अपनी ही पार्टी के क्रूक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी पर निशाना साधते हए कहा है कि समाज को तोड़ने की बात कहने वालों की समाज व राजनीति में कोई जगह नहीं है सामाजिक मर्यादा तोड़ने वालों को समाज भी माफ नहीं करेगा और जनता ख्द आइना दिखा देगी आज रोहतक में महारानी किशोरी जाट कन्या महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शमिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राजक्मार सैनी के भाजपा छोड़ने के सवाल पर कहा कि सैनी ने जिन दिन समाज को तोड़ने की बात कही थी उसी दिन उन्होंने ख्द पार्टी की विचारधारा से अलग कर लिया था